ये बात श्री खांडू ने कल पापुम पारे जिले के तोरु में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान एस एस ए के तहत शिक्षकों के कई पदों के सृजन और बुनियादी ढांचे में धन की वृद्धि के बावजूद यह गिरावट आई है श्री खांडू ने शिक्षकों को सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक संसाधन और गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक बताते हुए कहा कि नीजि स्कूलों की तुलना में सरकारी शिक्षकों को सबसे अच्छा वेतन दिया जाता है छात्रों की पर्याप्त संख्या के बिना चल रहे स्कूलों को बंद करने के लिए राज्यभर में स्कूलों की मैपिंग की आवश्यकता की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी स्कूलों को बंद करना मौजूदा संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियों कार्यक्रम की ये उनसठवीं कड़ी है यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा

प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन न्यूज के यू ट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण किया जायेगा हिंदी प्रसारण के बाद तुरंत ही क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में उसी दिन रात आठ बजे फिर से सुना जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी से कहा है कि वह सरकारी विभागों में धोखाधड़ी रोकने के लिए तकनीकि ट्रल्स विकसित करें कल नई दिल्ली में महालेखाकारों और उप महालेखाकारों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सीएजी को व्यावसायिक धोखाधड़ी से निपटने के लिए नए तरीके तलाशने चाहिए ताकि शासन और सक्षमता में सुधार लाया जा सके प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार दो हजार बाईस तक साक्ष्य आधारित नीति तैयार करना चाहती है और एक वैचारिक संगठन होने के नाते सीएजी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है श्री मोदी ने सीएजी से यह भी कहा कि वह भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में भी योगदान करें राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से मुलाकात कर राज्य में पर्यटन क्षमता के संवर्धन और दोहन पर चर्चा की राज्यपाल ने मंत्री को राज्य की विशाल पर्यटन संपत्तियों विशेष रुप से पर्यावरण पर्यटन साहसिक पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन के दोहन की आवश्यकता पर बल दिया श्री मिश्रा ने बताया कि जीवंत जनजातीय धर्मों और विश्वासों के साथ साथ राज्य में कई एसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जिसका उल्लेख प्राचीन धर्म लिपि में भी है राज्यपाल ने स्थानीय युवाओं को स्व रोजगार के अवसर प्रदान करने और राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करने के लिए परशुराम कुंड परियोजना को जल्द अंतिम रुप देने का सुझाव दिया केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के महत्व की सराहना करते हुए राज्यपाल को राज्य में पर्यटन परियोजनाओं में तेजी लाने का आश्वासन दिया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इक्कीस आधार सेवा केंद्र खोले हैं प्राधिकरण की देशभर के तिरपन शहरों में एक सौ चौदह आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र खोलने की योजना है ये केंद्र वर्तमान में बैंक डॉकघर और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे पैंतीस आधार नामांकन केंद्रों के अलावा होंगे आधार सेवा केंद्र सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर हर दिन सुबह साढ़े नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक खुले रहेंगे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

आज का अधिकतम तापमान तीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सोलह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया